महात्मा गांधी ने कहा था कि लोगों को अपनी बुराइयों को छोडकर अच्छाइयों को अपनाना चाहिए

मेरे पास तो एक बड़ा धर्म पड़ा है कि सब आदमी को गुणग्राही बनना चाहिए

इसमें महामारी से निपटने की तैयारियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समान लाभ नवाचारों के डिजिटीकरण को प्रोत्साहन सफल नवाचार के लिए समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भागीदारी जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा

एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को एक मंच पर लाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न पहलुओं पर वैश्विक रूप से चर्चा हो सकेगी शिक्षक दिवस राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिक्षकों से आने वाली पीढ़ी के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करने का आहवान किया है विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर आज शिमला में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी को वहन योग्य शिक्षा और कौशल विकास शिक्षा प्रदान की जाएगी उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति को व्यापक तौर पर समझने और इसके कियान्वयन की आवश्यकता है राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल ने शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा बेहतर प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों के अनुसार प्रदेश शिक्षा में बेहतर सुधार कर सकता है

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका है और राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी कियान्वयन के लिए अध्यापकों का सहयोग अपेक्षित है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक़र ने एहतियात के तौर पर आगामी तीन दिनों तक होम क्वारंटीन रहने का निर्णय लिया है

आईजीएमसी के प्रधानाचार्य डॉक्टर रजनीश पठानिया और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक राज ने बताया कि इस ब्लॉक की प्रत्येक मंजिल में कोरोना मरीजों के लिए वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था की गई है ताकि वे अपने परिजनों से बातचीत कर सकें

वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज क्षेत्र के बासाधार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि वनों में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं आरंभ की गई हैं जिससे प्रदेश के वन क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है राकेश पठानिया ने कहा कि द्रंग में सबसे अधिक वन क्षेत्र है और यहां चील के पेड़ों के स्थान पर फलदार पौधे रोपित किए जा रहे हैं वन मंत्री ने बासाधार में नवनिर्मित वन विश्राम गृह का भी लोकार्पण किया

ये बात आज उन्होंने किलाड़ में मुख्यमंत्री लोक भवन की आधारशिला रखने के बाद कही वीरेंद्र कंवर ने किसानों से खेती के नए तरीके अपनाते हुए जैविक खेती करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि पांगी घाटी में मत्सय पालन की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे ताकि लोग इस व्यवसाय के साथ जूड़ कर अपनी आर्थिकी सुद्रड़ कर सके इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और विधायक जियालाल कपूर भी मौजूद रहे

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस सब स्टेशन के कार्यरत होते ही क्षेत्र में बिजली की समस्या दूर हो जाएगी

राजेंद्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने अधिकारियों को सभी उचित मूल्य की दुकानों में उपभोक्ताओं को हर माह एक मुश्त राशन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं वे आज मंडी में खाद्य आपूर्ति विभाग और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे राजेंद्र गर्ग ने अधिकारियों को राशन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय समय पर इसका निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए

शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि ये टनल पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित होगी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस टनल के निर्माण में यूपीए सरकार का अहम योगदान रहा है और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसके निर्माण के लिए बजट स्वीकृत किया था